उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों को निजी निवेश के लिए उचित माहौल बनाने की जरुरत है जहां निवेशक सुरक्षित महसूस करे और उनकी समस्याओं का निदान हो सके श्री सिंह आज शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के सड़सठवें अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में विकास की अपूर्व संभावनाएं हैं हमें उन क्षेत्रों की पहचान कर वहां प्रभावी योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने की जरुरत है केंद्रीय गृहमंत्री ने प्रवोत्तर राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों से संकल्प के साथ विकास का काम करने को कहा सुरक्षा बलों ने कल लोंगडिंग जिले में एक ऑपरेशन के दौरान एन एस सी एन यू के स्वयंभू सदस्य को गिरफ्तार किया है अधिकारिक सूत्रों के अनुसार एन एस सी एन यू का यह सदस्य लोंगडिंग जिले के जेद्रआ गांव में लोगों को धन उगाही के लिए आतंकित कर रहा था चांगलांग जिले में भारी बारिश से फेंगटिप वाटलोम पी एम जी एस वाई सड़क के भूस्खलन के कारण दो जगहों पर क्षतिग्रस्त होने से सत्रह गांवो का सड़क संपर्क राज्य के अन्य हिस्सों से कटा हुआ है अधिकारिक सूत्रों के अनुसार खुचेप गांव में करीब पंद्रह सौ मीटर सड़क के हिस्से के क्षतिग्रस्त होने से नौ गांवो का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा हुआ है तिरप जिला मुख्यालय खोंसा में अतिरिक्त जिला उपायुक्त तेच् आरान ने आज पूर्वोत्तर और डोनर मंत्रालय के संयुक्त आजिविका मिशन पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक आजिविका मिशन के क्रियान्वयन की समीक्षा की उन्होंने नेरकॉम्प को सभी समुदायों के लिए सतत आजिविका के रुप में लागू करने को कहा श्री आरान ने सभी एजेंसियों और विभागों से तकनिकी और वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने को कहा इस बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी तरीके से लाग्र करने पर भी चर्चा की गई तिरप जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त दल ने कल खोंसा से मादक पदार्थ केनबिस के अवैध व्यापार के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिला पुलिस अधीक्षक जे के मिना की निगरानी में टाऊन मजिस्ट्रेट लिम मोदी और खोंसा पुलिस स्टेशन के प्रभारी ने गिरफ्तार व्यक्ति के पास से करीब एक किलो केनबिस बरामद किया है उत्तरी थाईलैंड में पिछले अट़टारह दिनों से बाढ़ के पानी से घिरी एक गुफा में फंसे फुटबॉल टीम के सभी बारह बच्चों और उनके कोच को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया थाई नौसेना के बचाव अभियान दल के प्रभारी ने आज दोपहर बाद इसकी जानकारी दी इस तरह यह बेहद जोखिम वाला और अनोखा बचाव अभियान सफलतापूर्वक पूरा हो गया है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी चार बच्चों को रविवार और चार अन्य को सोमवार को विशेषज्ञ गोताखोरों ने गुफा से निकाला था उन्हें अस्पताल में रखा गया है केंद्र सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले इस महीने की सत्रह तारीख को सर्वदलीय बैठक ब्रलाई है बैठक के दौरान संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारु रुप से चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग मांगा जाएगा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी संसद की कार्यवाही के सुचारु संचालन के लिए इसी दिन विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलाई है

सत्र के दौरान लोकसभा में पारित और राज्यसभा में लंबित तीन तलाक विधेयक प्राथमिकता पर होगा सरकार राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाये जाने की भी कोशिश करेगी राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा आयोग और ट्रांसजैंडर विधेयक पर भी चर्चा होगी भारत और दक्षिण कोरिया ने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में चार समझौते किये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन की नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद इन संधियों पर हस्ताक्षर किये गए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ एक संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरिया में विकास भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है छठवां दोरजी खांडू मेमोरियल राज्य बैडमिंटन प्रतियोगिता आगामी पच्चीस से तीस अगस्त तक आयोजित होगी

इसके तहत कालिखो पुल मेमोरियल इंडोर बैडमिंटन हॉल तांकाक्सो बैडमिंटन क्लब और खोरालियांग बैडमिंटन क्लब में मैच खेले जायेंगे इस प्रतियोगिता में अरुणाचल राज्य बैडमिंटन संघ से संबद्ध जिला बैडमिंटन संघ की टीमें हिस्सा ले सकेंगी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 आज का अधिकतम तापमान तैतीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पच्चीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया